सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भोपाल में बैठकों का दौर जारी रहा राज्यसभा नामांकन प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के नामांकन पत्र वैध मानते हुए स्वीकार कर लिए गए हैं इन दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया ने आपत्ति ली थी जिसे कल खारिज करते हुए दोनों के नामांकनपत्र वैध करार दिए गए जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन पत्र वैध नहीं पाए जाने पर उसे रद्द कर दिया गया चौहान बयान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार अल्पमत में है और ऐसी स्थिति में उसके पास नीतिगत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने विभिन्न आयोगों में की जा रही नियुक्तियों पर सवाल उठाये उन्होंने कहा है कि सभी नियुक्तियां असंवैधानिक है वहीं राज्य सरकार ने कल गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी को अनुसूचित जन जाति आयोग और कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी किये इसके पहले शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था

कल संसद में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से सप्ताह के अंत में अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर वायरस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया की मदद लेने की भी सलाह दी

यह व्यवस्था मुख्य पीठ जबलपुर के अलावा इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ पर भी लागू होगी रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार द्वारा जारी सूचना के अनुसार सामान्य प्रकृति के र्शेष मामलों की सुनवाई बढ़ा दी जाएगी इसी तरह प्रदेश की सभी जिला सत्र न्यायालय के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सभी अदालतें जब तक जरूरी ना हो तब तक दोनों पक्षों की उपस्थिति के लिए दबाव न बनाएं साथी पक्षकारों और आम नागरिकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के प्रयास करें जब तक कोरोना वायरस के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक किसी भी पक्ष की गैर हाजिरी पर उनके खिलाफ कोई आदेश पारित न किए जाएं

छतरपुर जिले के खजुराहों में भी कल मंदिरों के गेट पर ताला लगा रहा छिन्दवाड़ा जिले में वायरस के संकमण के बचाव के लिए जिले के सभी मैरिज हाल सार्वजनिक पुस्तकालय जिम वॉटर पार्क और स्विभिंग पूल बंद करवा दिये गये हैं स्वास्थ्य महकमे लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है

इन्दौर में आईआईएम की सभी कक्षाओं के साथ ही परीक्षाएं भी निलंबित कर दी गई है देवास कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार की एडवाइजरी के बाद शिक्षण संस्थान मैरिज हाल और जिम बंद करवा दिये गये हैं ग्वालियर में भी सभी प्रकार के समारोह जुलूस और सम्मेलनों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है उधर सागर में आजीविका मिशन की महिला समूह द्वारा कोरोना के संकमण के बचाव के लिए मास्क तैयार किये जा रहे हैं

बैतूल जिला न्यायालय में आवश्यक होने पर ही पक्षकारों को बुलाने को कहा गया है

हालांकि इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है निवाड़ी में जिला प्रशासन ने रामराजा मंदिर सरकार के दर्शनों पर रोक लगा दी है शाजापुर में पारंपरिक राज राजेश्वरी मंदिर पर लगने वाला नवरात्र मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा रायसेन में कल जनसुनवाई में आये लोगों ने बॉक्स में अपने आवेदन जमा किये

रबी खरीद मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी ने कहा है कि रबी खरीद व्यवस्था के लिये माइक्रो स्तर पर बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया जाये श्री रेड्डी कल मंत्रालय में रबी खरीद की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने खरीदी व्यवस्था में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिये श्री रेड्डी ने समीक्षा बैठक में संभाग स्तर पर भण्डारण क्षमता बारदाना तथा सायलो बैग्स की उपलब्यता परिवहन व्यवस्था नाफेड आपूर्ति तथा ऑनलाईन भूगतान व्यवस्था की बिन्दुवार समीक्षा की उन्होंने कहा कि भण्डारण प्रक्रिया में अनिश्चित मौसम भी चुनौतीपूर्ण रहेगा इस बात को ध्यान में रखकर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये